फडणवीस इस्तीफा महाराष्ट्र में शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहा है तीनों दलों के विधायकों की मुम्बई के एक होटल में चल रही एक बैठक में शिवसेना के उद्वव ठाकरे को नेता चुने जाने की संभावना है इसके पूर्व भाजपा नेता और नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया उप मुख्यमंत्री अजीत पंवार पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं श्री फडणवीस ने मुम्बई में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की बाद में उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस्तीफा देने के बाद उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई और उपाय नहीं रह जाता उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया है श्री फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है

न्यायालय ने ये निर्देश शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया था

ये सभी अधिकारी आईटीओ स्तर के हैं नौकरी से हटाये गये अधिकारियों में भोपाल में पदस्थ आरसी गप्ता और उज्जैन में पदस्थ अजय विरे भी शामिल हैं

अयोध्या सुन्नी बोर्ड सुन्नी सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा है कि बोर्ड अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुर्न विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा श्री फारूकी ने कहा कि बोर्ड के सदस्यों को अभी यह तय करना है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा दी गई पांच एकड भूमि को स्वीकार किया जाये या नहीं उन्होंने कहा कि सदस्यों को इस मामले में फैसला लेने के लिए समय चाहिए कि क्या ऐसा करना शरियत के अनुरूप होगा इसरो भारत का नया भू प्रेक्षण उपग्रह कार्टोसैट थ्री कल सवेरे अंतरिक्ष में छोड़ा जायेगा

यह पांच वर्ष तक काम करेगा

गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर भोपाल गैस पीड़ित महिला संगठन भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति और भोपाल ग्रूप फॉर इंफार्मेशन एण्ड एक्शन ने संयुक्त रूप से यह याचिका दायर की थी संविधान दिवस संविधान दिवस के मौके पर आज देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं नागरिकों को अधिकारों के बारे में सोंचते समय कर्तव्यों के बारे में सोंचना चाहिये

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया है श्री कोविंद ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से संसद के केन्द्रीय हाल में लगाई गई एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया

इस अवसर पर देशभर में लोगों ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में सामूहिक शपथ ली इस मौके पर उन्होंने संविधान की शक्ति और समग्रता का उल्लेख किया वहीं महाराष्ट्र के मुददे पर विपक्षी दलों ने संयुक्त सत्र का बहिष्कार किया और संसद परिसर में डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया संविधान दिवस प्रदेश संविधान दिवस पर नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए आज प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए भोपाल स्थित राजभवन में संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर राज्यपाल लालजी टंडन और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एकेमित्तल ने संबोधित किया कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश उपरिथत थे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सचिवालय में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई उन्होंने इस मौके पर संविधान की उद्देशिका का कर्मचारियों से वाचन कराया वहीं विधानसभा में भी संविधान दिवस मनाया गया कार्यक्रम में विधानसभा के प्रमुख सचिव एपीसिंह द्वारा संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भोपाल रेल मंडल में भी संविधान दिवस पर कार्यकमों का आयोजन किया गया रायसेन से हमारे संवादंदाता ने बताया है कि जिले में संविधान दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई उधर उमरिया देवास शिवपुरी गुना सहित प्रदेश के सभी जिलों में संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाये जाने के समाचार मिले हैं